कोरोना स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना वायरस से किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है और सरकार व स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति से निपटने को पूरी तरह तैयार है कांगड़ा जिले के भवारना में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की जांच के लिए देश के सभी हवाई अड्डो में थर्मो सेंसर लगाए गए हैं परमार ने कहा कि प्रदेश के गग्गल भुंतर और शिमला हवाई अड्डों में भी नजर रखी जा रही है इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को कोरोना वायरस के प्रति लगातार जागरूक कर रहा है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिला की सड़कें आगामी मार्च तक बेसहारा पशुओं से मुक्त हो जाएंगी ऊना में आज अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में कई गौशालाएं अभी तक कार्य नहीं कर रही हैं जिन्हें शुरू करने के प्रयास किए जांएगें इस संबंध में उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि बेसहारा गौवंश को स्थान मिलने से जहां किसानों को राहत मिलेगी वहीं सड़क हादसों में भी कमी आएगी उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माणाधीन योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लोगों से विचार भेजने का आग्रह किया है लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या ऑन माइ जीओवी पर लिख सकते हैं

ये जानकारी जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी जिले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के पपलोग में आज एक जनसभा में दी

हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने शिमला स्थित विधानसभा सचिवालय में आज अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान विधानसभा सचिवालय में बेहतरीन व्यवस्था और सुविधाएं सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई उन्होंने विभिन्न समितियों के अधिकारियों को समितियों का संचालन बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए ताकि कार्यों में गुणवत्ता लाई जा सके आभार उद्योग मंत्री विक्रम सिंह और वनमंत्री गोविंद ठाकुर ने प्रदेश के लिए राजस्व घाटा अनुदान में वृद्वि पर केन्द्र सरकार व वित्त आयोग का आभार जताया है

एक बयान में उन्होंने कहा कि इस फैसले से जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दे सकेंगे धनेश्वरी ठाकुर ने इस फैसले के लिए केन्द्र सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर का आभार जताया है

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में बताया कि योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा ताकि लाभार्थी सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त कर आर्थिकी मजबूत कर सकें हालडा उत्सव लाहौल घाटी में इन दिनों हालडा उत्सव की धूम है बीती रात पट्टन घाटी के अधिकतर भागों में ये उत्सव धूमधाम से मनाया गया केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार हालडा सर्दियों में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है और इस उत्सव में लोग निर्धारित स्थल पर इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करते हैं भले ही समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीके बदले हैं लेकिन लाहौल घाटी के लोग आज भी सदियों पुरानी परम्परा कायम रखे हुए हैं कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने भी हालडा उत्सव की बधाई देते हुए लोगों की खुशहाली की कामना की है अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार व ऊना जिला प्रशासन पर अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि ऊना कि स्वां नदी में इन दिनों बिहार व झारखण्ड की तर्ज पर खनन माफिया सक्रिय हो गया है इसके बावजूद भी प्रशासन व पुलिस विभाग मूक दर्शक बना हुआ है अग्निहोत्री ने कहा कि यदि समय रहते प्रशासन इस दिशा में कार्रवाई नहीं करता है तो वे सड़कों पर बैठकर अवैध खनन माफिया का मुकाबला करेंगे

विभाग के उप सचिव वेद प्रकाश भी आज हैलीकॉप्टर के जरिए पांगी पहुंचे और किलाड़ हैलीपैड में हवाई उड़ानों का जायजा लिया उन्होंने कहा कि सरकार से धरवास और साच हैलीपैडों के लिए भी उड़ानें करवाने को लेकर बात की जाएगी विधिक साक्षरकता शिमला जिले की ग्राम पंचायत पगोग में आज विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी परविंदर अरोड़ा ने शिविर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य निर्धन व शोषित वर्गो को न्याय दिलाकर उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है जयंती संत गुरू रविदास जयंती पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए कांगड़ा जिले के भवारना और भदरोल में हुए कार्यक्रमों में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि संत रविदास एक समाज के न होकर पूरी मानवता के गुरू थे शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर क्षेत्र के दरगेला और सियूंह में संत रविदास जयंती समारोह में शिरकत की उन्होंने कहा कि गुरू रविदास ने समाज में फैली कुरीतियों व छुआछूत को समाप्त किया शिमला के कृष्णानगर वार्ड में रविदास मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि संत रविदास के वचनों ने पूरे संसार को एकता व भाईचारे का संदेश दिया नाहन में विभिन्न स्थानों पर हुए कार्यक्रमों में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि समाज में छोटे बड़े के भेदभाव को समाप्त करते हुए आज सभी को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है बॉक्सिंग शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में उतर क्षेत्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता आज सम्पन्न हुई इसमें हिमाचल की टीम ने पहला जबकि पंजाब ने दूसरा स्थान हासिल किया समापन समारोह में शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार द्वारा युवाओं को नशे से दूर रखने और खेल मैदानों की ओर आकर्षित करने के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं इस प्रतियोगिता में उतर क्षेत्र के सौ से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया ऑडिशन मण्डी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं के लिए प्रदेश भर के कलाकारों के जिलावार ऑडिशन लिए जाएंगे